न् मुख्यमंत्री ने रांची के उपायुक्त को कांटाटोली बस स्टैंड में फंसे सैकड़ों श्रमिकों को उनके गंतव्य तक जाने में मदद करने को दिया निर्देश

राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

एक दिन में यह सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई

ये सभी एक ही गांव से संबंधित हैं जिससे राज्य में नया हॉटस्पॉट बन गया है वहीं गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना के कुम्हरलालो में तीन कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं गिरिडीह सिविल सर्जन डॉ अवधेश कमार सिन्हा ने बताया कि ये तीनों भी प्रवासी मजदूर हैं

उधर चतरा जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड में एक संक्रमित की पहचान हुई है कल रात को उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है रिपोर्ट आने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कमार सिविल सर्जन डॉ एके पासवान व अधिकारी मौके पर पहंच कर संक्रमित युवक को हजारीबाग कोविड अस्पताल भेजने की तैयारी में जुट गए हैं चतरा के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है

वह मुंबई के एक निजी हॉस्पिटल में काम करता था

बाद में मुखिया और प्रखंड प्रशासन के हस्तक्षेप पर बीरेखाप स्थित मंझौली खुर्द स्कूल में उसे क्वारंटाइन कराया गया था

स्वस्थ होने की दर चालीस दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गई है

उन्होंने कहा कि इस तरह के कम्युनिटी किचन को जिला प्रशासन के सहयोग से चलाया जाएगा

यहां निरूशल्क भोजन और पानी की व्यवस्था की जाएगी इन स्थानों पर एकत्रित लोगों को समीप के सुरक्षित शिविर में ले जाया जाएगा ताकि इन्हें वाहन से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा सके उन्होंने कहा कि झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्य के लोग जो झारखण्ड में फंसे है अथवा झारखंड से गुजर कर अपने राज्य जा रहे है उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचने में भी हमारी सरकार सहायता कर रही है

इन प्रयोगशालाओं में पीपीई से जुड़ी आवश्यक प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया तथा सभी प्रकार की जांच की जा सकती है इनमें कानपुर स्थित लघु अस्त्र कारखाना मुंबई में कपड़ा समिति प्रयोगशाला और तमिलनाड् में भारी वाहन कारखाना की प्रयोगशालाएं शामिल हैं

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ नन्द कुमार इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि राजधानी रांची के कांटाटोली बस स्टैंड में सैकड़ों मजदूर फंसे हुए हैं पैसों के अभाव में वे घर नहीं जा पा रहे हैं प्राइवेट टैक्सी वाले श्रमिकों से अधिक किराया मांग रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री ने चाईबासा के उपायुक्त को कैंसर से पीड़ित महिला को भी मुख्यमंत्री असाध्य रोग उपचार योजना के तहत मदद पहुंचाते हए इलाज की व्यवस्था कर सूचित करने का निदेश दिया है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 भीषण चक्रवाती तूफान उम्फन पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप समूह के बीच सुंदरबन पार कर गया है मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि चक्रवाती तूफान सुंदरबन के पास पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश कर चुका है इधर चक्रवाती तूफान का झारखंड में भी असर देखा जा रहा है पूर्वी पष्चिमी सिंहभूम रांची कोडरमा हजारीबाग साहिबगंज गिरिडीह समेत अन्य जिलों में इसका असर देखा जा रहा है देर रात से ही रूक रूक कर बारिष हो रही थी कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिष हुई राजधानी रांची में भी सुबह से ही रिमझिम बारिष हुई

ग्रामीण इलाकों में कल से ही बिजली आपूर्ति बाधित है ड्मरी प्रखंड में कल शाम से अभी तक बिजली आपूर्ति ठप है

चतरा में कुपोषण के शिकार बच्चों के उपचार के लिए अब उनके माता पिता को अस्पतालों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा जिला प्रशासन ने ऐसे कुपोषित बच्चों को नई जिंदगी देने की दिशा में एक कारगर पहल की है उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह के पहल पर स्वास्थ्य विभाग ने चलंत कुपोषण जांच केंद्र की शुरुआत की है उपायुक्त ने समाहरणालय से इसका उदघाटन किया यह चलंत चिकित्सालय जिला मुख्यालय से लेकर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक जाकर न सिर्फ ऑन स्पॉट मासूम कुपोषित बच्चों का मुफ्त कपोषण जांच करेगा बल्कि जरूरत के मुताबिक उन्हें उन्हीं के घर में इलाज करेगा जिला प्रशासन द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी फंड से क्रय किये गए चलंत कुपोषण चिकित्सा वाहन के संचालन की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग ने राजक्मारी फाउंडेशन नामक संस्था को जिम्मेदारी सौंपी है मौके पर उपायुक्त ने बताया कि अत्याधुनिक सुर्विधाओं से लैस चलंत चिकित्सालय गांवों में न सिर्फ जाएगा बल्कि वहीं रुककर चिन्हित बच्चों का मुफ्त इलाज भी करेगा

खूंटी जिले में राष्ट्रीय राजमार्गो पर संचालित मुख्यमंत्री दीदी दाल भात योजना ने जरूरतमन्दों को राहत प्रदान की है हर दिन खूंटी के हूटार में सखी मंडल की दीदियां चावल दाल आलू सोयाबीन बरी या अन्य सब्जियां बनाकर समय से पूर्व ही निर्धारित स्थान पर पहुंचती हैं

राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सखी मण्डल की दीदियों द्वारा चलाए जा रहे दाल भात योजना से प्रतिदिन बड़ी संख्या में गरीबों और भूखों को राहत मिलने लगी है वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी के देशों में फंसे एक हजार आठ सौ भारतीयों को कल विशेष विमानों से भारत वापस लाया गया

दोहा से एक विमान हैदराबाद और दुसरा विशाखापत्तनम आया

सऊदी अरब के रियाद से कुन्नूर और दम्माम से बेंगलुरू के लिए भी उड़ाने आईं

इसके लिए सूची भी जारी कर दी गयी है इनमें दूरंतो संपर्कक्रांति जनषताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी शामिल हैं

चलने वाली रेलगाड़ियों की टिकटों की बुकिंग आज सवेरे दस बजे से शुरू हो गयी है पूरी तरह आरक्षित इन सभी ट्रेनों में वातानुकूलित और गेर वातानुकलित श्रेणियां होंगी